दीवाली से पहले राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को मिला वेतन

ये इससे पहले रक्षा सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पीएस श्रीघरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल होंगे वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा स्थानातंरित कर दिया गया है सरकार गठन हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के बीच समझौता हो गया है समझौते के अंतर्गत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा जबकि जेजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने कल रात नई दिल्ली में जेजेपी नेता दृष्यंत चौटाला के साथ बैठक के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य नेताओं की उपस्थिति में यह घोषणा की दोनों दलों के नेता नई सरकार के गठन का दावा पेश करने के लिए आज चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे उघर महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों की आज मुंबई में बैठक बुलाई है शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था

भाजपा अध्यक्ष अभित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे दीपावली के बाद सरकार गठन पर चर्चा कर सकते हैं कमलनाथ समीक्षा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रियों और आला अफसरों के साथ कल प्रदेश में अतिवृष्टि से खराब हुई सड़कों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने नवंबर के अंत तक सड़कों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि उखड़ी सड़कों के सुधार कार्य की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाए साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़कों के लिए स्थाई फंड बनाने और आय के स्रोत जुटाने की बात कही

इस वर्ष इसका विषय ईमानदारी एक जीवनशैली है इस दौरान लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जनता के साथ संपर्क जेनेरिक दवाओं का उपयोग औचक निरीक्षण सेमिनार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यू ट्बूब चैनल से भी लाइव प्रसारित होगा

शेष प्रक्रियारत हैं वही पेंशनरों का भूगतान बैंकों द्वारा उनके खाते में किया जा रहा है गौरतलब है कि सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सभी कर्मचारियों को इस महीने के वेतन का भूगतान करने का फैसला किया था ताकि वे त्यौहार को उत्साहपूर्वक मना सकें सीएम निरीक्षण मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल छिन्दवाड़ा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहाँ जन सुविघाओं को विस्तार के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने प्लेटफार्म नम्बर चार का चौड़ीकरण करने और चारफाटक गेट की समस्या का समाधान करने को कहा

श्री कमल नाथ ने स्टेशन मास्टर से कहा कि जनसुविधा और स्वच्छता के लिये छिन्दवाड़ा रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करें

कुछ समाचार संक्षेप में खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों का जल सत्याग्रह कल से शुरू हुआ

सतना जिले के चित्रकुट में आज से पांच दिवसीय दीपावली मेला शुरू होगा

डिण्डोरी जिले में धनतेरस की रौनक देखने को मिली यहां आभूषण वाहन बर्तन फर्नीचर की लोगों ने जमकर खरीदी की